आगामी विधानसभा चुनाव को पारदर्शी और सफल बनाने के लिए कई नवाचार किये जायेंगे जीका सहित मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग ने कमर कसी घर घर सर्वे के अलावा फोगिंग कार्यक्रम जारी वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृखंला का पहला मैच जीतकर भारत एक शून्य से आगे भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के वास्ते रायशुमारी का दौर जारी है कल जयपुर में हुई बैठक में अलवर झुन्झून नागौर ग्रामीण और शहर तथा भीलवाड़ा की सीटों के लिए चर्चा की गई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस दौरान कार्यकर्ताओं से रुबरु हुईं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस को उपच्चनावों में मिला जनता का समर्थन आम चुनावों में भी मिलेगा श्री पायलट ने कल जयपुर में पार्टी द्वारा आयोजित प्रदेशव्यापी ब्रथ जिताओ भ्रष्टाचार मिटाओ कार्यक्रम में कहा कि आम जनता भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है और उसने इस सरकार को हटाने तथा कांग्रेस को राज सौपने का मन बना लिया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का बूथ जिताओ भ्रष्टाचार मिटाओ कार्यक्रम पूरे प्रदेशभर में आयोजित हुआ है जिसके माध्यम से कांग्रेस ने आमजनता के बीच पहॅचकर भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की अपील की है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न जिलों में प्रशासन चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए निरन्तर प्रयासरत है प्रतापगढ़ जिले में भी जिला प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है

विधानसभा चुनाव में लोगों को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं डूंगरपुर जिले में जहां नवरात्र के दौरान गरबा और डांडिया कार्यक्रमों के जरिये लोगों को मतदान के प्रति जागरुक किया गया वहीं इन दिनों कई अन्य तरीकों से प्रशासन लोगों में जागरुकता ला रहा है

वीवीपैट मशीनों जैसा प्रयोग पहली बार हो रहा है वहीं कई अन्य पहल भी की जा रही हैं

अब तक लगभग डेढ लाख घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और तीन लाख से अधिक कंटेनर्स में एंटी लार्वा कार्रवाई की जा चुकी है बुखार से प्रभावित और गर्भवती महिलाओं की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है अब तक लगभग डेढ हजार सैंपलों की जांच की जा चुकी है इनमें से पॉजिटिव पाये गये अधिकांश व्यक्तियों में अब जीका के लक्षण नहीं है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमों ने शहर का विस्तार से दौरा कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही रोकथाम कार्रवाई को सही बताया है जयपुर शहर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन निरन्तर प्रयासरत है प्रभावित क्षेत्रों में फोगिंग की जा रही है इन क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की गई है कि फोगिंग के दौरान घर दुकानों और प्रतिष्ठानों के खिड़की तथा दरवाजों को खुला रखें खाने पीने के वस्तुओं को ढ़ककर रखें और अस्थमा रोगियों को फोगिंग के धूंए से बचाए बांसवाड़ा जिले में टीकाकरण से वंचित बच्चों के लिये विशेष अभियान मिशन इन्द्रधुनष आज से शुरू होगा

मिशन इन्द्रधन्ष तीन चरणों में चलाया जायेगा

प्रत्येक चरण में सात दिन तक टीकाकरण किया जायेगा सीकर जिले में तांसपुर ग्राम पंचायत की बीजावली ढाणी के जवान महेश कुमार का आज उनके पैतुक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा वे जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में भूस्खलन और बर्फबारी की चपेट में आने से शहीद हो गये थे महेश कुमार तीन साल पहले सेना में भर्ती हुये थे आबकारी विभाग के दल ने अलवर जिले के बहरोड में एक शराब कारखाने पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है आबकारी अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया

पुलिस ने जयपुर में वाहन चोरी की वारदातें करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुये एक बाल अपचारी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास से चोरी की छह मोटर साइकिलें बरामद की हैं पूछताछ में आरोपियों ने विभिन्न इलाकों से मोटर साइकिलें चुराने की वारदातों का खुलासा किया है चुरु जिले का सालासर मेला परवान पर है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मेले में देश के विभिन्न स्थानों से इस बार ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं

कर्नल राठौड ने कहा कि इससे अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर उनका आत्मविश्वास और मजबूत होगा भारत ने वेस्टइंडीज को गुवाहाटी में पहले एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आठ विकेट से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में एक शून्य की बढ़त बना ली है

फाइनल में बजेरंग पूनिया आज जापान के ताकुतो ओटोगुरो से मुकाबला करेंगे सेमीफाइनल में जीतने को साथ ही उनका पदक पक्का हो गया है